शिमला के पीटर हॉफ में आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम में कोन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और भाजपा के राष्ट्रीय सचिव व सहायक परीक्षक सुनील देवधर राजीव बिन्दल के नाम की विधिवत घोषणा करेंगे इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर प्रदेश भाजपा प्रभारी मंगल पांडेय मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य और पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे

पूरे देश से दो हजार से अधिक छात्र अभिभावक और शिक्षक इस कार्यक्रम में भाग लेंगे नरेन्द्र मोदी प्रश्नों का जवाब देंगे और छात्र परीक्षा के दबाव से मुक्ति पाने के तरीकों के बारे में प्रधानमंत्री से संवाद करेंगे

जबकि लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों में भारी बर्फबारी के कारण सड़कें बंद होने पर यह अभियान फिलहाल स्थगित कर दिया गया है

इस अवसर पर केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जनगणना से एकत्र किए गए आंकड़ों से लोगों के कल्याण के लिए नीतियां बनाने में मदद मिलेगी सुचना प्रसारण सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयों का क्षेत्रीय सम्मेलन जम्मू में आयोजित किया जा रहा है इस अवसर पर मंत्रालय के संयुक्त सचिव विक्रम सहाय ने भारतीय सूचना सेवा आईआईएस अधिकारियों से कोन्द्र सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आपसी तालमेल से कार्य करने को कहा

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के मार्गदर्शन में शोभना राधाकृष्णन और रवि चौपड़ा गांधी कथा का प्रस्तुतिकरण करेंगे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 अमर उजाला की सुर्खी है फोरलेन निर्माण की हर माह होगी समीक्षा केन्द्रीय मंत्री गडकरी की नाराजगी के बाद मुख्यमंत्री ने दिये कमेटियां गढित करने के निर्देश दिव्य हिमाचल का शीर्षक है फोरलेन परियोजनाएं लटकाने पर अफसरशाही को लताड़ भू अधिग्रहण और पेड़ कटान में देरी पर मुख्यमंत्री का सख्त रुख दैनिक भास्कर का कहना है कागजी कार्यवाही के बजाय फील्ड में जाकर काम करें अफसर आपका फैसला के शब्द हैं प्रदेश में कार्यान्वित फोरलेन परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाएं अधिकारी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के चुनाव पर अमर उजाला का शीर्षक है बिंदल निर्विरोध चुने गए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ऐलान आज दैनिक जागरण की सुर्खी है बिंदल होंगे भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट के सदस्यों ने भरवाया नामांकन हिमाचल दस्तक के मुताबिक भाजपा के सर्वसम्मत अध्यक्ष आज बनेंगे बिंदल

पत्र ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के बयान को सुर्खी दी है कर्ज लेकर घी पी रही सरकार प्रभावितों को मुआवजा न देने पर रेलवे की सम्पत्ति होगी नीलाम शीर्षक से दैनिक जागरण ने लिखा है ऊना की अदालत ने दिये आदेश हिमाचल दस्तक ने लिखा है नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू न करने पर कोर्ट में शिकायत इसी अखबार की एक अन्य खबर है विजिलेंस ने एक लाख रिश्वत लेते धरा टीसीपी का अधिकारी